प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश जब अपनी स्वाधीनता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ मना रहा है तब असंभव लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ का उत्सव ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की भावना शहीदों को श्रद्वांजलि और भारत निर्माण की प्रतिज्ञा का अनुभव किया जा सके

आजादी के पचहत्तर साल मनाने की तैयारियों के तौर तरीकों के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक को कल वर्च्अल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह उत्सव सनातन भारत की महिमा और आध्निक भारत की चमक दिखनी चाहिए उन्होंने कहा कि इस उत्सव में संतों की आध्यात्मिकता की झलक और हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा को भी प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि पचहत्तर साल का जश्न एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की भागीदारी के साथ मनाया जायेगा और इस उत्सव के मूल में लोगों की यही भागीदारी होगी उन्होंने कहा कि इसमें एक सौ तीस करोड़ देशवासियों की भावनाओं सुझावों और आकांक्षाओं को शामिल किया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के दूसरे चरण का श्मारम्भ करते हुए विमिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का शुभारम्भ और शिलान्यास भी किया अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये कई योजनाए संचालित कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में बालिकाओं को कन्या सुमंगला योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा को स्नातक तक निशुल्क कर दिया है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत बेटियों को विवाह के लिये इक्यावन हजार रूपये की धनराशि दी जा रही है अब तक राज्य में डेढ़ लाख से अधिक बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में बीस प्रतिशत महिलाओं को शामिल किया है उन्होंने कहा कि गोरखपुर लखनऊ और बदायूं में महिला पीएसी बटालियन का गठन किया गया है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लोगों को आवास उपलब्ध कराये गये हैं जिनका मालिकाना हक घर की महिला सदस्य को दिया गया है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब राज्य में रिक्त होने वाली राशन की दुकानों का संचालन महिला स्वयंसेवी समूहों को देने का निर्णय किया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में चलाया जा रहा पोषण अभियान भी महिला स्वयंसेवी समूहों की सहभागिता से संचालित किया जा रहा है अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के सभी पचहत्तर जिलों में महिलाओं के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से गोरखपुर में महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का उद्घाटन किया वाराणसी में प्रदेश के स्टाम्प और पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया बलरामपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र पचपेड़वा में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं को सम्मानित करने के साथ ही उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत कृषि आजीविका गतिविधियों के बारे में जागरूक किया गया जौनपुर में जिले की सभी दो सौ अट्ठारह न्याय पंचायतों में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया जिसमें महिला वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया कार्यक्रम को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सम्बोधित किया मेरठ जनपद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति अभियान में विशेष कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया एक रिपोर्ट वैसे तो हर दिन महिलाओं का होता है पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेरठ जिला प्रशासन ने मिशन शक्ति में अपनी अहम भूमिका नियाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया मेरठ जिले में जिला प्रशासन के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने अलग अलग क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली मातृशक्ति को सम्मानित किया और इस खास दिन पर एहसास दिलाया कि नारी तुम श्रद्धा हो संगीता श्रीवास्तव आकाशवाणी समाचार मेरठ कानपुर में इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत उन्चास महिलाओं को सम्मानित किया नारी सम्मान यूपी की पहचान के तहत विभिन्न विद्यालयों में पेंटिंग तथा अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया प्रदेश में बरेली हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन कल से शुरू हो गया बरेली हवाई अड्डा प्रदेश का आठवां हवाई अड्डा है

महिला दिवस पर खास बात यह रही कि एयरपोर्ट की सुरक्षा से लेकर कुरु की कमांड तक महिलाओं के हाथों में रही बरेली से दिल्ली हफ्ते में चार फ्लाइट चलाई जाएगी आगामी दिनों में फ्लाइट की संख्या बढ़ाई जाएगी इस अवसर पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि जल्द बरेली से मुंबई और बंगलोर के लिए भी हवाई यात्रा शुरू की जाएगी

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल प्रदेश में एक अनूठी पहल के तहत सभी पचहत्तर जिलों में तीन तीन टीकाकरण केंद्रों को महिलाओं के टीकाकरण के लिए समर्पित किया गया है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि इन केंद्रों का संचालन महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने किया इसके अतिरिक्त प्रदेश में तीन हजार से अधिक टीकाकरण केंद्रों पर साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारी से ग्रसित पैंतालीस से साठ वर्ष की आयु के लोगों को टीके लगाए गये श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में निजी अस्पतालों में कोविड टीकाकरण की दर दो सौ पचास रूपए प्रति डोज निर्धारित की गयी है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के एक सौ तीन नये मामले आये हैं राज्य में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार छः सौ चौंतीस है प्रदेश में रविवार एक दिन में क्ल तिरासी हजार सात सौ उन्चास नमूनों की जांच की गयी अब तक क्ल तीन करोड़ इक्कीस लाख सत्तर हजार उन्नीस नमूनों की जांच की जा चुकी है रेलवे ने अपनी समी हेल्प लाइनों को एक ही हेल्प लाइन नंबर एक तीन नौ में बदल दिया है जो यात्रा के दौरान त्वरित शिकायत निवारण और पूछताछ के लिए रेल मदद हेल्पलाइन होगी रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिछले साल विभिन्न रेलवे शिकायत हेल्पलाइन को बंद कर दिया गया था और अब हेल्पलाइन नंबर एक आठ दो भी पहली अप्रैल से बंद करके इसे एक तीन नौ में विलय कर दिया जाएगा हेल्पलाइन एक तीन नौ यात्रियों के लिए बारह भाषाओं में उपलब्ध होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई अन्य लोगों ने गुजरात और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनायें व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना की है मथुरा में वृन्दावन कुम्भ का दूसरा शाही स्नान आज है बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्वालु यमुना में ड्बकी लगा रहे हैं नगर में आज संतो की शाही पेशवाई भी निकलेगी जो श्री बांके बिहारी के द्वार तक जायेगी प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं